श्री शाह यहां आयोजित जनजातीय सम्मेलन में भाग लेंगे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग सहित अनेक नेताओं के शामिल होने की संभावना है

कार्यक्रम में संभाग स्तर के कार्यकर्ताओं सहित अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे राहुल यात्रा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल मध्यप्रदेश दौरे पर हैं इस दौरान कल वे जबलपुर शहर में रोड शो के साथ अब्दुल हमीद चौक पर बस से ही सभा को संबोधित करेंगे हमारे जबलपुर संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस एक समानान्तर मंच भी बना रही है यदि विशेष सुरक्षा बल ने अनुमति दी तो राहुल गांधी उस मंच से सभा को संबोधित करेंगे रोड शो के पहले राहुल नर्मदा घाट पर आरती में हिस्सा लेंगे एसपीजी ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर ग्वारीघाट आयुर्वेद कॉलेज और रोड शो के लिए निर्धारित रूट का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री रेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में बुधनी इंदौर मांगलिया गाँव नई रेल लाईन का शिलान्यास किया

सिनेमा बंद प्रदेश में दोहरे करों का आरोप लगाते हुए मध्यप्रदेश सिनेमा ऐसोसिएशन ने आज से सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का फैसला किया है इसके चलते आज प्रदर्शित हई कोई भी फिल्म प्रदेश में नहीं दिखाई जा रही है साथ ही पहले से चल रही फिल्मों को भी वापस ले लिया गया है मल्टीप्लेक्स ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सहाय ने बताया कि प्रदेश में आज कोई फिल्म प्रदर्शित नही होगी

पहले चरण में यह परीक्षा भोपाल और बुरहानपुर शहर में आयोजित की जायेगी मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुमति जारी कर दी है यह परीक्षा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के पेटर्न पर होगी

ट्रेवल मार्ट राजधानी भोपाल में आज से तीन दिवसीय मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट शुरू हो रहा है इसमें ट्र एण्ड ट्रेवल एसोसिएशन होटल हॉस्पिटिलिटी और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे है मार्ट के दौरान प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के पर्यटन निगमों बोर्ड और टूर ट्रेवल एजेंसी के स्टॉल लगाये जा रहे है मार्ट में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और हेरिटेज वॉक आयोजित की जायेगी मार्ट में भाग लेने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलो का भ्रमण भी करेंगे समाचार संक्षेप में नीमच जिले में थानेवार लोक संपत्ति सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया है

मुरैना पुलिस ने एक मोटर सायकल चोर गिरफ्तार किया है उसके पास से पांच मोटर सायकल बरामद की है